केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि सरकार एईएस यानि संदिग्ध दिमागी ब्रखार से निपटने के लिये लंबी अवधि की योजना पर काम कर रही है लोकसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि संदिग्ध ब्रुखार अब नियंत्रण में आ रहा है बच्चों के इलाज के लिये नये वार्ड और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गयी है इधर प्रदेश भर में दिमागी बुखार के मामलों में कमी आयी है कल मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गयी जबकि अभी बाईस बच्चों का इलाज चल रहा है पिछले चौबीस घंटों के दौरान अस्पताल में एक भी नया बच्चा नहीं आया है वहीं केजरीवाल अस्पताल में दिमागी बुखार से पीड़ित सभी बच्चों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गयी है राज्य सरकार के सोलह विभाग समेकित रूप से प्रदेश भर में कुपोषण के खिलाफ अभियान चलायेंगे समाज कल्याण विभाग के निदेशक आलोक कुमार ने यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि इसमें यूनीसेफ समेत कई अन्य संस्थाओं का भी सहयोग मिलेगा श्री कुमार ने कहा कि सरकार ने अगले वर्ष तक कुपोषण में चार प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य रखा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर तीनों श्रेणियों की नियुक्तियों में आरक्षण दिया जायेगा यूजीसी की ओर से मांगे गये स्पष्टीकरण में मंत्रालय ने यह जानकारी दी है वहीं मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने पांच वर्षीय शिक्षा गुणवत्ता सुधार और समावेशन कार्यक्रम को जारी कर दिया है सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह रिपोर्ट तमाम क्षेत्रों के विशेषज्ञों की गहन कवायद के बाद तैयार की गई है इन विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि पचास से अधिक योजनाएं उच्च शिक्षा के क्षेत्र का कायाकल्प कर देंगी केन्द्र सरकार ने पीपीएफ राष्ट्रीय बचत पत्र किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि योजना सहित कई लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर शून्य दशमलव एक प्रतिशत घटा दी है नई दरें जुलाई से प्रभावी होंगी आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार केन्द्र सरकार के इस कदम से सस्ते कर्ज का रास्ता साफ होगा सरकार ने बचत खाताओं पर ब्याज दर सालाना चार फीसदी बरकरार रखी है सऊदी अरब ने भारतीयों के लिये हज कोटे में तीस हजार की वृद्धि की है अब दो लाख लोग हर साल हज यात्रा पर जा सकेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुल्तान के बीच हुई बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई बैठक के बाद विदेश सचिव विजय गोखले ने बताया कि सऊदी के क्राउन प्रिंस ने भारत का कोटा दो लाख करने की मंजूरी दे दी है नेपाल ने दो सौ रूपये मूल्य वर्ग के भारतीय नोट के प्रचलन पर प्रतिबंध लगा दिया है नेपाल के सूचना और संचार मंत्री गोकुल बास्कोटा ने ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि दो सौ रूपये मूल्य के जाली नोटों के प्रचलन में आ जाने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से यह कदम उठाया गया है पिछले साल दिसम्बर महीने में नेपाल सरकार ने दो हजार और पांच सौ रूपये मूल्य वर्ग के भारतीय नोटों के प्रचलन पर भी रोक लगा दी थी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि रेलवे में कांस्टेबुल और सब इंस्पेक्टर के खाली पड़े लगभग नौ हजार पदों पर जल्द ही भर्ती की जायेगी इसमें पचास प्रतिशत पद महिलाओं के लिये आरक्षित होंगे श्री गोयल ने एक ट्वीट कर यह जानकारी दी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल दिन के ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे दूसरी बार पदभार संभालने के बाद श्री मोदी पहली बार रेडियो के माध्यम से अपने विचार लोगों के साथ साझा करेंगे नवादा जिले की एक महिला उद्यमी साधना देवी का नाम तीन साल पहले प्रधानमंत्री के रेडियो कार्यक्रम मन की बात में आया था प्रधानमंत्री ने स्व रोजगार के क्षेत्र से जुड़े होने के कारण साधना देवी की सराहना की थी

सोलर एनर्जी चरखे के साथ जोड़ना बहुत ही सफल प्रयोग रहा है उसके कारण मेहनत कम हुई है उत्पादन बड़ा है और क्वालिटिटीव गुणात्मक परिवर्तन भी आया है खासकर के सोलर चरखे के लिए लोग मुझे बहुत सारी चिदिठयां भेजते रहते हैं राजस्थान के दोसा से गीता देवी कोमल देवी और बिहार के नवादा जिले की साधना देवी ने मुझे पत्र लिखकर के कहा है कि सोलर चरखे के कारण उनके जीवन में बहत बड़ा परिवर्तन आया है हमारी आय डबल हो गई है और हमारा जो सूत है उसके प्रति भी आकर्षण बढ़ा है साधना देवी का कहना है कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये सोलर चरखे से वे बेरोजगारी के अभिशाप का सामना कर रहे दूर दराज के इस गांव में भी अच्छी आमदनी कर लेती हैं

बहुत खुश से हम कर रहे हैं अभी भी एक बार मन की बात में प्रधानमंत्री से भी वात हुई इसके लिए वो भी हमारे नाम से बहुत खुरा हुए सभी गांव ग्राम भी अभी दस हजार तक एक कमा लेती है महिला इसके लिए बहत सब उनको भी धन्यवाद हम लोग सब दे रहे हैं मौसम विभाग ने आज उत्तरी बिहार के कई हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना जतायी है विभाग ने कहा है कि नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जिसके प्रभाव से बारिश की संभावना है वहीं दक्षिण और मध्य बिहार में आज भी लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है वातावरण में नमी की मात्रा सैंतालीस प्रतिशत तक पहुंच जाने के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि कल रात से पटना सहित दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है पटना उच्च न्यायालय ने न्यायिक कार्यों के बाधित होने का हवाला देते हुए कोर्ट रूम में वकील और मुवक्किल के मोबाइल फोन ले जाने पर पाबन्दी लगा दी है इस संबंध में जारी नोटिस में कहा गया है कि आदेश का पालन नहीं करने पर कानून सम्मत कार्रवाई की जायेगी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दूर शिक्षा निदेशालय ने पटना विश्वविद्यालय और मगध विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पत्राचार पाठ्यक्रमों में नामांकन की अनुमति दे दी है यह अनुमति एक साल के लिये दी गयी है औरंगाबाद जिले के नवीननगर थाना क्षेत्र से पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान में तीन नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है गिरफ्तार नक्सलियों की कई मामलों में तलाश थी सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र के कटैया नहर के पास एक निजी कंपनी के कर्मी से अपराधियों ने चार लाख पचहत्तर हजार रूपये लूट लिये वहीं मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना क्षेत्र के जगदीशपुर धर्मु गांव में अपराधियों ने एक बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक से ढाई लाख रूपये लूट लिये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 हिन्दुस्तान लिखता है जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल को लोकसभा की मंजूरी अब सीमा क्षेत्र के लोगों को मिलेगा आरक्षण दैनिक भास्कर ने बिहार विधानमंडल के सत्र की शुरूआत से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुए लिखा है शोक के चलते शांति से गुजरा विधानमंडल का पहला दिन दैनिक जागरण ने लिखा है चमकी बुखार से मरने वाले बच्चों के प्रति सदन मर्माहत प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को पहले पन्ने पर जगह देते हुए लिखा है काफी बदल गया है पर्यावरण इस बार भी बिहार में सूखे की आशंका आज और राष्ट्रीय सहारा ने जी ट्वेंटी समिट से जुड़ी खबरों को पहले पन्ने पर जगह दी है